कहा इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी

लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड देने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि पैकेज का विस्तृत ब्यौरा अगले कुछ दिनों में वित्तमंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाख करोड़ रूपये का है ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को बीस लाख करोड़ रूपये का सम्बल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा कल राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के बाद की दुनिया में आत्मनिर्मर भारत बनना जरूरी है उन्होंने रेखांकित किया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था ढांचागत क्षेत्र तंत्र जनसांख्यिकी और मांग के पांच स्तम्भों पर आधारित होगी आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत पांच पिलर्स पर खड़ी है पहला पिलर इकनॉमी

दूसरा पिलर इन्फ्रास्ट्रक्वर जो आधुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि इक्कसवीं संदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नालॉजी ड्रिवेन व्यवस्थाओं पर आधारित हो चौथा पिलर हमारी डेमोग्रैफी वाइब्रैन्ट डेमोग्रैफी हमारी ताकत है पांचवां पिलर डिमांड डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे प्ररी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट अभूतपूर्व है और मानव जाति के लिए अकल्पनीय है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है और विश्व इसके खिलाफ जंग में जुटा है एक वॉयरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्वभर में करोडों जिन्दगिया संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट ना देखा है ना ही सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिये यह सब कुछ अकल्पनीय है यह क्राइसेज अभूतपूर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटना हारना मानव को मंजूर नहीं है बल्कि हमें सतर्क रहते हुए बचना भी है और आगे भी बढ़ना है थकना हारना टूटना बिखरना मानव को मंजर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा श्री मोदी ने कहा कि यह महामारी चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आई है इस महामारी के आरंभ में भारत में एक भी पीपीई नहीं बनता था लेकिन आज करीब दो लाख पीपीई रोजाना बन रही हैं पहले एन नाइन्टी फाइव मास्क नाम मात्र के ही बनते थे लेकिन आज लगभग दो लाख ऐसे मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं

यह हम इसलिये कर पाये क्यॉकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया आपदा को अवसर में बदलने की भारत की यह दृष्टि आत्मनिर्मर भारत के हमारे संकल्प के लिये उतनी ही प्रमावी सिद्ध होने वाली है

लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को चरणबद्ध ढंग से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए प्रवासी कामगारों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय करने तथा आगरा मेरठ और कानपुर नगर जिलों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाये और कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाए

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जनपदों के ग्राम रोजगार सेवकों से संवाद करके उनकी क्शलक्षेम प्राप्त की और उनके क्षेत्र में संचालित मनरेगा कार्या के संबंध में जानकारी भी ली इस धनराशि से पैंतीस हजार आठ सौ अट्ठारह ग्राम रोजगार सेवक लाभान्वित होंगे

शुरू में पन्द्रह अप और डाउन रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी इनमें से आठ रेलगाड़ियों का परिचालन कल शुरू हुआ इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध है रेलवे ने इन विशेष रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश की अन्मति दी जा रही है स्टेशन पहंचने के बाद सभी यात्रियों की जांच की जा रही है और कोरोना के लक्षण नहीं पाये जाने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सफर करने दिया जा रहा है

यह फैसला कोविड नाइन्टीन महामारी को देखते हुए लिया गया है केवल विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से स्थानान्तरण हो सकेंगे सेवानिवृत्ति मृत्यु बीमारी प्रोन्नति त्यागपत्र निलम्बन और बर्खास्तगी से खाली पदों पर अनुमोदन लेकर ही तैनाती होगी

उन्होंने बताया कि अब तक एक हजार सात सौ उन्सठ मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं अब तक प्रदेश के चौहत्तर जिलों से तीन हजार छह सौ चौदह कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उन्होंने बताया कि दो सौ नवासी पूल टेस्टिंग में एक हजार चार सौ पैंतालीस सैम्पल टेस्ट किये गये जिसमें बत्तीस पूल पॉजीटिव पाये गये उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर दो हजार सात सौ बाईस लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया गया और पॉजीटिव पाये गये लोगों का उपचार किया जा रहा है

पत्र सुचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाए पूरी तरह झूठ हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम श्रू नहीं किया है ई मेल एसएमएस और वाट्स एप पर प्रसारित संदेशों में भारत सरकार की ओर से कोविड नाइन्टीन से पीड़ित कलाकारों के लिए एक राहत कार्यक्रम शुरू किये जाने का दावा किया जा रहा था

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस और हवाई अड्डो से इस संबंध में एक मसौदे पर सुझाव मांगे गए थे